प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां तेज द्रस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां आज हई रवाना पिथौरागढ़ में भारत कजाकिस्तान के संयुक्त युद्धाम्यास में आतंकवाद विरोधी अभियान पर जोर

वित्त मंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि भारत विभिन्न ऊर्जा समझौतों के तहत अनुबंध प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा नई दिल्ली में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षण सेरा सप्ताह के सिलसिले में आयोजित भारत ऊर्जा फोरम में उन्होंने कहा कि करों का बोझ कम किया गया है वित्त मंत्री ने निवेशकों से कहा कि उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थितियां इसके अनुकूल होंगी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारत ऊर्जा मंच को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने यह भी कहा कि गैस के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगभग साठ अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है श्री प्रधान ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन से अपील की कि वे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने पर विचार करें

उन्होंने कहा कि इससे कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां की जा रही है

रिटर्निंग आफिसर ने बताया कि विकासखंड के कई मतदेय स्थलों के लिए मतदान पार्टियों को पैदल दूरी तय करनी होती है

वहीं पौड़ी जिले के रिखणीखाल पोखड़ा थलीसैंण नैनीडांडा बीरोंखाल में मतदान होना है

चमोली जिले से भी दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं जिले में अंतिम चरण में नारायणबगड़ थराली और देवाल ब्लाक में मतदान होना है

सभी पोलिंग पार्टियों के साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है

इसमें गांधी संकल्प यात्रा पंचायत और सांगठनिक चुनावों पर चर्चा की गई

प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से गांधी संकल्प यात्रा पंचायत चुनाव और पार्टी के सांगठनिक चुनाव के बिंदु तय किए गए पोस्टपेड सेवाएं जम्मू कश्मीर के शेष इलाकों में पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं शुरू हो गई हैं अब घाटी में पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं घाटी में पर्यटकों के आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटाने के सरकार के कदम के बाद यह फैसला आया है

छड़ी यात्रा हरिद्वार से चारधाम की यात्रा के लिए रवाना हुई पवित्र छड़ी यात्रा बड़कोट पहुंच गयी है जहां पवित्र छड़ी का लोगों ने भव्य स्वागत किया

इस पवित्र छड़ी यात्रा को प्रदेश सरकार ने राजकीय यात्रा घोषित किया है यह पवित्र छड़ी चारों धामों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य पौराणिक तीर्थ स्थलों की भी यात्रा करेगी इसी क्रम में बड़कोट आने से पहले पवित्र छड़ी को दर्शन के लिए लाखामण्डल भी ले जाया गया चारों धाम की यात्रा के बाद पवित्र छड़ी बागेश्वर जागेश्वर पूर्णगिरि नैनादेवी सोमेश्वर बिनसर महादेव आदि तीर्थ स्थल पर भी जायेगी इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश अन्य पौराणिक तीर्थ स्थलों का प्रचार प्रसार करना और तीर्थटन को बढ़ावा देना है

इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ जहां युद्ध रणनीति को साझा कर रहे हैं वही काउंटर टेररिजम आपरेशन के दौरान काम आने वाले सैन्य तकनीकों का भी लगातार अभ्यास कर रहे हैं युद्धाम्यास के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है संयुक्त युद्धाम्यास के दौरान आतंकियों कब्जे बंधकों को सही सलामत बचाकर द्श्मनों का सफाया करने की तकनीक भी सीखी जा रही है इस दौरान कजाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों ने ँ बम डिफ्यूजल ड्रेस और तकनीक के बारे जानकारी ली कजाक सेना के अधिकारियों ने इस संयुक्त अभ्यास को बेहद महत्वपूर्ण बताया और उम्मीद जताई की इससे दोनों देशो में सम्बन्ध और मजबूत होंगे

घायलों का हायर सेन्टर में उपचार किया जा रहा है

डोबरा चांठी पुल टिहरी बांध झील के ऊपर प्रताप नगर को जिला मुख्यालय नई टिहरी से जोड़ने वाला डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुल का निर्माण अंतिम चरण में है इसके निर्माण से नई टिहरी की दूरी कम होगी जिससे डेढ़ लाख की आबादी को फायदा होगा वहीं चारधाम आने जाने वाले यात्रियों को भी संविधा मिलेगी आपको बता दें कि टिहरी बांध की झील के कारण प्रतापनगर की भौगोलिक स्थिति बदल गई है

लेकिन तकनीकि कारणों से इसका निर्माण कार्य समय पर नहीं हो सका इसके निर्माण में कोरिया के इंजीनियरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निमाई लंबे समय के बाद पुल के पैनल जुड़ चुके हैं और रेलिंग का काम चल रहा है

देश में अपनी तरह का झील के ऊपर बना यह पहला भारी वाहन झूला पुल है जागेश्वर महोत्सव अल्मोड़ा में चल रहे तीन दिवसीय जागेश्वर महोत्सव के अन्तिम दिन भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ध्रम रही महोत्सव के आखिरी दिन गजेन्द्र राणा खुशी जोशी गोविन्द दिगारी दक्ष कार्की गोपाल गोस्वामी किर्शन महिपाल मीना राणा माया उपाध्याय और बलबीर सिंह राणा आदि लोक गायकों ने अपनी आवाज का जाद् बिखेरा महोत्सव में ध्यान और योग कार्यक्रम के अलावा कुमाऊंनी परिधान लोक संस्कृति प्रतियोगिता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रर्दशनी साहसिक कार्यक्रम ट्रैकिंग साइकिल रेस आदि का भी आयोजन किया गया संस्कृत भाषा बागेश्वर में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार की ओर से संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया इसमें संस्कृत नाटक समूह गान समूह नृत्य वाद विवाद और आशुभाषण प्रतियोगिताओं को ्शामिल किया गया है प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रीती प्रियदर्शनी ने कहा कि संस्कृत को हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में ढालना होगा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्र छात्राओं में भी उत्साह नजर आया केवि गोपेश्वर केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर के बच्चों को अब किसी प्राइवेट गाड़ी के इंतजार में घंटों सड़क पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अभिभावकों की मांग पर इस बस की व्यवस्था की है जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ स्कूल बस में बैठकर बस का ट्रायल भी लिया केन्द्रीय विद्यालय का जल्द उच्चीकरण भी होने जा रहा है